पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुई वृद्धि

केन्द्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है गेहूं की एमएसपी में एक सौ पांच रुपये की वृद्धि कर अठारह सौ चालीस रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आठ सौ पैंतालीस रुपये मसूर में दो सौ पच्चीस रुपये चने में दो सौ बीस रुपये सरसों में दो सौ रुपये तथा जौ के एमएसपी में तीस रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थक मामलों की समिति की बैठक में रबी फसलों का एमएसपी बढाने के कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद बताया कि गेहूं की कीमत अठारह सौ चालीस रुपये प्रति क्विंटल चने की छियालीस सौ बीस रुपये मसूर की चौवालीस सौ पचहत्तर रुपये तथा सरसों की बयालीस सौ रुपये प्रति क्विंटल तय की गयी है श्री रविशंकर प्रसाद ने बतायाकि इस बार एमएसपी में पिछले साल की तुलना में एक सौ पांच रुपये प्रति क्विंटल की व्रद्धि कर अठारह सौ चालीस रुपये की गयी है आज से पूरे प्रदेश में रबी फसल अभियान की शुरूआत की जा रही है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हये कहा कि राज्यस्तरीय कर्मशाला के बाद नौ अक्टूबर को सभी प्रमंडलों में प्रमंडलिय रबी कर्मशाला का आयोजन किया जायेगा इसके बाद बारह अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में रबी मौसम में की जाने वाली फसलों की खेती और अन्य कृषि कार्य की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण और उत्पादन वितरण कार्यक्रम चौबीस से इकतीस अक्टूबर तक किया जायेगा खुफिया विभाग ने छत्तीस संदिग्ध आतंकियों की सूचीएटीएस को सौंपी है जारी सूची में शामिल सभी छत्तीस आतंकी बिहार के है इसे लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है जिन आतंकियों की सूची सौंपी गयी है उनकी पहचान देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार आतंकियों ने की है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकी संगठन देश के अन्य हिस्सों के अलावा बिहार में भी त्योहारों पर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं ख्रफिया विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर सीसी टीवी फूटेज की निगरानी और आतंकियों के नाम पते जारी करते हुये उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया है गौरतलब है कि कानपुर और नेपाल सीमा से गिरफ्तार आतंकियों से इन सभी की पहचान की गयी है राज्य में अब तक हुये आतंकवादी घटनाओं में बोधगया बम ब्लास्ट रफीगंज ट्रेन हादसा पटना बम ब्लास्ट और आरा धमाका मुख्य रूप से शामिल है डॉलर की कीमत पहली बार तिहत्तर रूपये से अधिक हो गयी है कच्चे तेल के दाम पच्चासी डॉलर प्रति बैलर पहंचने के कारण रूपया सोना शेयर बाजार पर असर पड़ा है पटना में पेट्रोल की कीमत पहली बार नब्बे के पार हो गयी है पटना में पेट्रोल नब्बे रूपये चौदह पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल भी इक्यासी रूपये के पार हो गया है नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिये समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्री हो गयी है

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की खंडपीठ के समक्ष शिक्षक संगठनों केन्द्र और राज्य सरकारों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा राज्य के सभी थानों और आउट पोस्ट में अगले पन्द्रह दिनों में बिना तार वाले लैंडलाईन फोन लगाये जायेंगे पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सहमति देते हुये राशि आवंटित कर दी है इस राशि में एक वर्ष का टेलीफोन बिल भी शामिल है इसमें बिहार झारखंड सर्किल के लिए अन्यलिमिटेड आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल की सुविधा होगी दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर बिहार आने जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे बिहार के लिये स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा पटना में संवाददाताओं से बातचीत में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि ये ट्रेनें देश के अलग अलग स्थानों से चलेंगी जिसके त्योहार में बिहार आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी श्री त्रिवेदी ने कहा कि अभी बिहार में रेल परियोजनाओं के विकास पर चालीस हजार करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं इसके तहत मोकामा में नये रेल पुल का निर्माण पाटलिपुत्र पहलेजा हाजीपुर बछवाड़ा हाजीपुर रामदयालु नगर समस्तीपुर दरभंगा और किऊल गया रेल लाईन का दोहरीकरण किया जा रहा है श्री त्रिवेदी ने कहा कि अगले अठारह महीने के अन्दर पूर्व मध्य रेलवे में शत प्रतिशत रेल लाईन का विद्युतीकरण कर लिया जायेगा केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गोपालगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा के संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगी मिंज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती ईरानी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी इस अवसर पर भाजपा कोटे के राज्य सरकार के कई मंत्री और भाजपा विधायक उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है श्री कुमार ने पटना में पार्टी की ओर से आयोजित दलित महादलित सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रहे है राज्य सरकार ने कहा है कि आधार नहीं रहने पर भी बच्चों को हर तरह की सुविधा का लाभ दिया जायेगा उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब स्कूलों में नामांकन और प्रोत्साहन राशि देने के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त हो गयी है हालांकि वैसे बच्चे जिनका आधार अब तक नहीं बना है उनका आधार बनवाने के लिए पन्द्रह अक्टूबर तक मेगा कैंप लगाया जा रहा है इसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है राज्य निवार्चन आयोग ने बिहार निवासी अभिनेता पंकज त्रिपाठी और पर्वतारोही संतोष यादव को अपना ब्रांड अम्बेस्डर बनाया है मुख्य निवार्चन पदाधिकारी कार्यालय ने इन दोनों के साथ अनुबंध किया है यह दोनों निवार्चन से जुड़े तमाम जानकारियों को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलायेगें भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल के नेतृत्व में चालीस सदस्यों का एक दल हरिद्वार से पटना तक मिशन गंगे सफाई अभियान पर राफ्टिंग पर निकलेगा पन्द्रह सौ किलोमीटर का यह अनूठा अभियान कल पांच अक्टूबर से शुरू होगा और हरिद्वार कानपुर इलाहाबाद बनारस बक्सर होते हुये पटना में तीस अक्टूबर को समाप्त होगा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी मिशन की निगरानी के लिए नगर निगम ने सत्रह सदस्यीय शहर स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया है इसकी अधिसूचना नगर आयुक्त संजय दुबे ने जारी की गुजरात के आणंद में खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में आज बिहार का सामना मणिपुर से होगा

छह मैच में पांच जीत के बाद बिहार बाईस अंक लेकर शीर्ष पर है इसके साथ ही उत्तराखंड भी मजबूत दावेदार है इन दोनों में से कोई एक टीम नॉक आउट राउंड में पहुंचेगी बीसीसीआई के ट्वेंटी ट्वेंटी टूर्नामंट के लिए बिहार अंडर नाईनटिंन महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गयी है पटना की अपूर्वा को टीम का कप्तान बनाया गया है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि जबलपुर में बिहार का पहला मुकाबला चौदह अक्टूबर को होगा पटना में सम्पन्न ग्यारहवीं बिहार सीनियर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पटना की टीम ने पैंसठ अंक लेकर खिताब जीत लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां विशेष राज्य के दर्जे की मांग से जुड़ी खबर को सभी अखबारों अपनी पहली सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर लिखता है मुख्यमंत्री ने पन्द्रहवें वित्त आयोग के सामने बुलंद की प्रदेश की हक की आवाज अखबार लिखता है विशेष दर्जा मिले तो बिहार भी बन सकता है विकसित राज्य दैनिक जागरण ने इस खबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकार का भी खर्च करना उचित नहीं विशेष दर्जा से ही बिहार में उद्योग और निवेश संभव प्रभात खबर का शीर्षक है मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड मामले में बालिका गुह से गायब लड़की की तलाश में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई श्मशान घाट पर खुदाई कंकाल बरामद हिन्दुस्तान की सुर्खी है गोपालगंज का मामला थाने से जब्त शराब बेचने में थानेदार जमादार गिरफ्तार आज अखबार लिखता है नियोजित शिक्षकों को समान वेतन मामले में सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित

पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुई वृद्धि